इसके साथ ही केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है

सीएए सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अमल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र का पक्ष सुने बगैर अधिनियम पर रोक को मंजूरी नहीं दी जा सकती शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है न्यायालय ने कहा है कि इस मामले को सुनने के लिए वह एक बड़ी संविधान पीठ का गठन करेगा

कुछ याचिकाओं में शीर्ष न्यायालय से इस कानून पर अमल को रोकने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की कार्यवाही कुछ समय तक टालने की मांग की गई है

उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यातयालय ने संसद से सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लोकसभा और विधानसभा अध्यक्षों के अधिकारों की समीक्षा करने को कहा है शीर्ष न्यायालय ने कल ऐतिहासिक व्यवस्था देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि संसद को फिर से सोचना होगा कि क्या किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर फैसले का अधिकार लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष को अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी के रूप में दिया जाना चाहिए न्यायालय ने कहा कि सदन का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी पार्टी विशेष से जुड़ा होता है न्यायालय ने कहा कि किसी सदस्या को अयोग्य ठहराने का अधिकार लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष की बजाए संसदीय ट्रिब्यूनल को देने के लिए संविधान संशोधन पर संसद को गम्भीरता से विचार करना चाहिए न्यायालय ने मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और राज्य के वन मंत्री श्याम कुमार को अयोग्य घोषित करने की कांग्रेस नेता की याचिका पर चार हफ्ते के भीतर निर्णय दें

राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष दिये जाते हैं बच्चों को ये पुरस्कार नवाचार समाज सेवा कला संस्कृति तथा खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने और वीरता के लिए दिये जाते हैं

स्थानीय रेलवे सूत्रों के अनुसार लाइनों के इंटर लिंकिंग का काम तकरीबन पूरा हो चुका है और प्लेटफार्म भी तय समय के भीतर बनकर तैयार हो जाएंगे

इस दौरान स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है

देहरादून रेलवे स्टेशन पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है प्लेटफार्मों की लंबाई के साथ इनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है स्टेशन पर अब चार के बजाय पांच प्लेटफार्म होंगे वहीं डोईवाला रेलवे स्टेशन पर भी पांच करोड़ रूपये की लागत से आधुनिकीकरण का काम चल रहा है

आठ फरवरी से यह स्टेशन भी यात्रियों को नए सिरे से सेवा देने के लिए तैयार हो रहा है उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता और अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूल करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा स्टैंडर्ड खर्च के रूप में लिए जाने वाली जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई की

इसके लिये उन्होंने वित्त सचिव अमित नेगी को आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने को कहा है

इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार पर व्ययभार कम पड़ेगा मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम को वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत क्रय की जाने वाली बसों को अनुबंधित करने में प्राथमिकता देने को कहा साथ ही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही दुर्घटना की स्थिति में त्वरित रिस्पांस पर भी ध्यान देने के निर्देश दिये बैठक में परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि परिवहन निगम की आर्थिक दशा में सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है

डिसीजन सर्पोट सिस्टम आपदा के दौरान प्रभावितों को जल्द राहत और त्वरित कार्यवाही के लिए राज्य में विकसित किया गया है सिस्टम के विकसित होने के बाद सभी विभागों को आपदा के बारे में एक समान जानकारी मिल पायेगी कार्यशाला में देहरादून से पहुंचे आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तकनीकि प्रबन्धक भूपेन्द्र भैसोड़ा ने बताया कि आपदा के दौरान रेखीय विभागों के आपसी समन्वय के लिए उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा डिसीजन सर्पोट सिस्टम विकसित किया गया है यह साफ्टवेयर एआईटी थाईलैंड की तर्ज पर बनाया गया है इस सॉफ्टवेयर पर अल्मोड़ा में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर काम किया जायेगा सफल होने के बाद इसे राज्य के अन्य जिलों में भी इस्तेमाल किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस साफ्टवेयर में तहसील स्तर में घटित होने वाली आपदा की सूचना दैनिक आधार पर अपलोड की जायेगी जिसे समय समय पर अपडेट किया जायेगा आपको बता दें कि आपदा के दौरान तमाम विभागों के पास अलग अलग आंकड़े होने के कारण विभागों में आपदा से हुए नुकसान के आंकड़ों में भी अन्तर होता है नेचर फेस्टिवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से चमोली में दो दिवसीय नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया फेस्टिवल के शुभारंभ के अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी हंसा दत्त पांडे ने कहा कि प्रकृति एक अनमोल खजाना है जिसे संजोकर रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है उन्होंने एकजुट होकर पर्यावरण सुधार के लिए सामूहिक तौर पर प्रयास करने का आह्वान किया प्रभारी जिलाधिकारी ने स्वस्थ जीवन के लिए सभी से अधिक से अधिक पौधरोपण करने और उनको संरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित किया इस दौरान पर्यावरण प्रेमियों और बुद्विजीवियों ने जंगलों को आग से बचाने जंगलों में प्लास्टिक कचरा न डालने और अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित रखने का संकल्प लिया नेचर फेस्टिवल में बदीनाथ वन प्रभाग की ओर से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगाकर दुलर्भ प्रजातियों के बारे जानकारी दी गई फेस्टिवल में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है

टिहरी की रुचिका ने नैनीताल की काव्या को शिकस्त दी युगल वर्ग में नैनीताल की ज्योतिका और भूमिका की जोड़ी ने उधमसिंह नगर की कोमल और कीर्ति को हराया वहीं चमोली की तनुजा और नैना ने टिहरी की स्कन्धा और प्रियांका को हराया मेला संपन्न बागेश्वर में लगे आठ दिवसीय उत्तरायणी मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक चन्दन राम दास ने कहा कि मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं इन्हें संजोये रखना सभी का दायित्व है उत्तरायणी मेले की अंतिम शाम युवा लोक गायिका प्रियंका महर और हास्य कलाकार पवन पहाड़ी के नाम रही उन्होंने अपने गीत संगीत और कॉमेडी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया